श्री मोदी ने कहा कि कल सवेरे ठीक साढ़े नौ बजे हम सब अपनी जगह पर इक्हे होंगे उसके बाद हम सब स्वच्छता ही सेवा के अभियान में स्वयं जुड जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का सार्थक प्रयास होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कार्या जलि दी जायेगी उन्होंने कहा कि सप्ताह के तहत सेवा के काम किये जाये और उसमें भी विशेष रूप से स्वास्थ्य जांच के शिविर लगाये जाएें लोगों की भलाई का काम किया जाये और साथ ही आयुष्मान भारत कार्यकम का भी प्रचार किया जाये प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गरीबो को आयुष्मान कार्यक्रम का व्यापक लाभ मिलेगा

इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के जरिए दस करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को लाम पहुंचाने का लक्ष्य है

माजपा कार्यकर्ताओ द्वारा तैयार किये गये कर्नल राज्यवर्धन के रथ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने प्रदेश कार्यालय से आज स्बह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रथ यात्रा में जयप्र ग्रामीण के भाजपा पदाधिकारी मण्डल अध्यक्ष कार्यकारिणी और बूथ अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता उनके शामिल है गौरव यात्रा को सफल बनाने और केन्द्र तथा राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांसद उप यात्रा का आयोजन किया जा रहा है

वे झालावाड के डग विधानसभा क्षेत्र में कयासरा महादेव मंदिर में पृजा अर्चना कर जन सभा को संबोधित करेंगी

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जा रहे है राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में आयोजित किया जा रहा है समारोह में भाषा और पुस्तकालय विभाग की ओर से हिन्दी सेवा सम्मान दिऐ गये इस अवसर पर विमाग की पत्रिका भाषा परिचय के विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया

इसमें विभागीय स्तर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सीखने और सिखाने को बढ़ावा मिलेगा

वन मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कल जयपुर में राज्य वन्यजीव मण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया अम्यारण्य के विस्तार से स्थानीय लोगों को वन धन योजना का लाभ मिलेगा

बैठक में ही वन मंत्री द्वारा नाहरगढ़ बायोलोजिकल पार्क मे स्थित लायन सफारी का उदघाटन किया गया

यह लायन सफारी पार्क अक्टूबर में पर्यटकों के लिये खोला जायेगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तलाशा और तराशा जा रहा है